प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने पाकिस्तान के नव निर्वाचित प्रधानमंत्री इमरान खान को मुंबारकबाद दी है श्री खान को लिखे पत्रमें श्री मोदी ने विश्वास प्रगट किया कि पाकिस्तान में सही ढंग से सरकार चलेगी और लोगों का लोकतंत्र में विश्वास मजबूत होगा आकाशवाणी के संवाददाता ने बताया कि प्रधानमंत्री ने श्री खान के साथ टैलीफोन पर हुई बातचीत को याद किया जिसमें दोनों ने भारतीय उप महादवीप में शांति बहाल करने की बात की थी जहां आंतकवाद का नामो निशान न हो सिर्फ विकास पर ध्यान दिया जाए प्रधानमंत्री ने भारत के वादे को दोहराते हुए कहा कि भारत पाकिस्तान के साथ दोस्ताना सम्बधों का चाहवान है जिससे उस क्षेत्र में लोग लाभान्वित हो सके पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी की याद में आज नई दिल्ली के इंदिरा गांधी इंडोर स्टेडियम में सर्वदलीय प्रार्थना सभा हुई जिसमें प्रधान मंत्री नरेन्द्र मोदी भाजपा प्रम्ख अमित शाह राष्ट्रीयस स्वंय सेवक संघ के प्रम्ख मोहन भगवत वरिष्ठ भाजपा नेता एल के अडवाणी कांग्रेस नेता ग्लाव नबी आज़ाद नैशनल कांफ्रेस के फारूक अब्बदुला बह्जन समाज पार्टी के सतीश चंद्र मिश्रा सीपीआई के डी राजा पीडीप की महबूबा म्फती एनसीपी के तारिक अनवर और राजनाथ सिंह तथा कई केन्द्रीय मंत्री शामिल हए श्रीवाजपेयी के परिवारिक सदस्य और कई धार्मिक नेता भी इस सभा में शामिल हए

भारत रत्न पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी की आत्मिक शांति के लिए फतेहाबाद में उपाय्क्त डा जे के आभीर की अध्यक्षता में विभन्न विभागों के अधिकारियों कर्मचारियों तथा आम नागरिकों ने दो मिनट का मौन रखकर उन्हें श्रद्वाजंलि अर्पित की साथ ही भारत रत्न पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी के जन्म दिवस को भी सदभावन दिवस के रूप में मनाया गया उपाय्क्त ने उपस्थित अंधिकारियों व कर्मचारियों को क्षेत्र भाषाजाति धर्म से ऊपर उठकर भावान्तमक एकता की मजबूती के लिए काम करने की शपथ दिलाई उन्होंने कहा कि हर नागरिक का यह कर्त्तव्य बनता है कि वे जात पात से ऊपर उठकर देश की एकता व अखंडता को बनाए रखने में अपना पूर्ण योगदान दे तथा भाईचारे को मजबूत करें केन्द्र सरकार ने घोषणा की है कि राष्ट्रीय राजधानी में स्थित सभी सरकारी कार्यालय ईद उल ज्हा के अवसर पर वृहस्पतिवार के स्थान पर ब्धवार को बंद रहेंगे रियात हिलाल कमेटी के जामा मस्जिद के शाही इमाम सैय्यद अहमद ब्खारी द्वारा सूचना के आधार पर इस अवकाश की घोषणा की गई है उन्होंने कहा है कि भारत के विभन्न शहरों से चांद दिखाई देने की सूचना मिल गई है

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने भी पूर्व प्रधानमंत्री को श्रद्वाजंलि देते हए अपने टवीट में कहा कि देश राजीव गांधी दवारा राष्ट्र हित में किए गए प्रयत्नों को हमेशा याद रखेगा

आज देश के विभिन्न हिस्सों में उनकी याद में कई सदभावना कार्यक्रमों का आयोजन किया गया है

उत्तरी राज्यों के मुख्यमंत्रियों ने नशों के विरूद्व लड़ाई में डाटा व सूचना का आदान प्रदान करने के लिए पंचकूला में एक संयुक्त केन्द्रीय सचिवालय सचिवालय स्थापित करने का फैसला लिया ये फैसला आम सहमति से लिया गया य्वाओं में तेजी से फैल रहे नशों की ब्राई को मूल से समाप्त करने के लिए सात उत्तरी राज्यों की हरियाणा निवास में ब्लाई गई क्षेत्रीय कांफ्रेस मे हरियाणा के म्ख्यमंत्री मनोहर लाल ने इस समस्या से निपटने के लिए संय्क्त रणनीति बनाने का आहवान किया तो पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिन्द्र सिंह ने नशे के विरूदव लड़ाई में प्रगति पर निगरानी रखने और समस्या के समाधान के लिए विभन्न स्तर पर लगातार बैठके करने का सुझाव दिया पंजाब के म्ख्यमंत्री के प्रस्ताव को स्वीकार करते हए निगरानी रखने के लिए हर छ मास बाद बैठक करने का फैसला लिया गया इस क्षेत्रीय कांफ्रेस में हरियाणा पंजाब और उत्तराखंड के म्ख्यमंत्री ख्द मौजूद रहे जबकि हिमाचल के म्ख्यमंत्री ने वीडियों कांफ्रेसिंग के माध्यम से शिरकत की

बैठक में इस रणनीति को लागू करने के लिए उतर प्रदेश के म्ख्यमंत्री को ब्लावा भेजने और जम्म् कश्मीर को इसमें शामिल करने का फैसला लिया गया

सोनीपत निवासी बजरंग प्निया को बधाई देते हए म्ख्यमंत्री ने कहा की हरियाणा के लोग आज बहत ख्श होंगे और हमे उम्मीद है की और भी पहलवान स्वर्ण पदक ले कर आएंगे

अम्बाला में मीडिया से बातचीत करते हए अनिल विज ने कहा कि बजरंग पुनिया ने पुरी दुनिया मे भारत का सिर ऊंचा किया है बजरंग दवारा अपने स्वर्ण पदक को अटल जी को समर्पण करने पर अनिल विज ने कहा कि ये अटल बिहारी वाजपेयी जी को प्रनिया की ओर से दी गयी सच्ची श्रद्धांजलि है ये उनकी बहत बड़ी उपलब्धि है विज ने कहा कि प्रनिया हरियाना सिविल सेवा या हरियाणा पुलिस सेवा जो चाहें सरकार उन्हें वो नौकरी देगी

प्रूष वर्ग में लक्ष्य ने तैतांलीस शाट चलाकर रजत पदक प्राप्त किया स्वर्ण पदक चीन के नाम रहा निशाने बाज़ दीपक क्मार ने भी रजत पदक हासिल किया भारत का ये तीसरा पदक है प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने दीपक क्मार को बधाई दी है उन्होंने कहा कि दीपक कुमार की लगन मेहनत से बेहतर परिणाम मिले है महिलाओं की क्श्ती में विनेश फोगाट ने पदक जीतना स्निश्चित कर लिया है उन्होंने उज़बेकिस्तान के प्रतियोगी को हराकर अपना स्थान बनाया है

आज शाम भारतीय प्रूषों की हाकी टीम का म्काबला इंडोनेशिया से होगा

आकाशवाणी से आज प्रसारित होने वाले साप्ताहिक कार्यक्रम पब्लिक स्पीक मे आज का विषय है सड़क स्रक्षा जीवन रक्षा ये कार्यक्रम रात साढ़े नौ बजे से एफ एम गोल्ड चैनल और अतिरिक्त मीटरों पर सूना जा सकता है

राष्ट्रपति दवारा यह सम्मान हर वर्ष साहित्य के क्षेत्र में उल्लेखनीय कार्य करने वाले विदवानों को दिया जाता है